शिमला स्थित श्री गुरू सिंह सभा गुरूद्वारे में हुए राज्यस्तरीय समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मत्था टेका राज्यपाल ने लोगों को गुरू पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरू नानक देव जी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि गुरू नानकदेव जी के जीवन से हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया उन्होंने कहा कि गुरूजी ने दुनिया को एक ईश्वर और ईश्वर ही सत्य का संदेश दिया जयराम ठाकुर ने लोगों से गुरू नानक देव जी की शिक्षाओं व सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी गुरूद्वारे में मत्था टेका इस अवसर पर गुरूद्वारे में विशेष शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रागी जत्थों ने गुरबाणी से संगत को निहाल किया राज्य के अन्य स्थानों पर भी प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और गुरूद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया

उस दिन महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबांधित किया था इस अवसर पर आज आकाशवाणी के दिल्ली परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इतिहास में ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आकाशवाणी स्ट्रंडियो आए थे आकाशवाणी ने अपने मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बखूबी निभाया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समापन अवसर पर भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर विदा किया उन्होंने माता रेणुका व भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये मेला आज भी पारम्परिक रीति रिवाज़ से मनाया जाता है उन्होंने मेलों व त्योहारों को प्रदेश की संस्कृति का चोतक बताया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद सुरेश कश्यप व स्थानीय विधायक विनय कुमार भी इस मौके मौजूद रहे

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज मण्डी ज़िले के धर्मप्र क्षेत्र में एक करोड़ रूपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया

महेन्द्र सिंह ने इस सड़क पर बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर भी रवाना किया बाद में उन्होंने अनेक स्थानों पर जन सुनवाई की और अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि हर घर को पेयजल सुविधा दी जा सके

बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के रक्कड़ में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के एटी एम का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ये बैंक लोगों को बैंकिंग सुविधा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिक्रम ठाक्र ने कहा कि देश व प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है उन्होंने इस मौके लोगों की शिकायतें भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया कवि सम्मेलन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में राष्ट्र चिंतन विषय पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रोफैसर एसपी बंसल ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया कवि संगम के अध्यक्ष शक्ति चंद राणा ने बताया कि युवाओं व साहित्यकारों को बेहतर मंच प्रदान करने और युवाओं में कविताओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया